इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी इस योजना के तहत छोटी जमीन रखने वाले किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट छह हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने लिया है यह राशि दो दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नही किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडेक्शन चालिस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रूपये किया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है आयकर रिर्टन फॉर्म पर चौबीस घंटे के अन्दर कार्रवाई होगी और रिफण्ड तुरंत किया जाएगा वित्तमंत्री ने कहा कि वस्त् और सेवा कर का भूगतान करने वाले नब्बे प्रतिशत से अधिक व्यापारियों के तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्ष में पचास ग्ना बढ़ोतरी हुई है सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए दो हजार अट्ठारह उन्नीस के संशोधित बजट अनुमान में बीस हजार करोड़ रूपये और दो हजार उन्नीस बीस के बजट अनुमान में पचहत्तर हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है रेलवे के लिए बजट में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए चौंसठ हजार पांच सौ सतासी करोड़ रूपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय गोक्ल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रूपये कर दिया गया है रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में उन्नीस हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े इसी के मद्देनजर मनरेगा के लिए इस बजट में साठ हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है

संसद भवन के बाहर सवाददाताओं से बातचीत में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रमु ने बजट को व्यापक और पूर्णता वाला बताया है खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि बजट किसानों मध्य वर्ग अनुसूचित जातियों जनजातियों और समाज के अन्य वर्गों के हित में है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बजट को उचित द ष्टिकोण वाला और प्रगतिशील बताया है सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए है और इससे ढांचागत विकास को बल मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को विकास और जनोन्मुखी बताया है उन्होंने कहा है कि इस बजट से नये भारत का सपना साकार होगा विपक्ष ने केन्द्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बजट बताया है

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने आज लखनऊ में बताया कि बजट सत्र बाईस फरवरी तक चलेगा बजट सात फरवरी को पेश किया जा सकता है

घायलों को उरई जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है